दोनों पक्षों में छह बिन्दुओं पर सहमति बन गई हैं आंदोलन के अगुवा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात की

ट्रैक खाली होने के बाद रेलवे ने रेल मार्ग को दुरस्त करने का काम शुरू कर दिया है उधर करौली जिले में आज रोडवेज प्रबंधन ने करौली हिण्डौन मार्ग पर बसों का संचालन शुरू कर दिया है सवाई माधोपुर जिले में भी गुर्जर समाज के लोगों की ओर से कुशाली दर्रा में लगाया गया जाम आज हटा लिया गया इसके साथ ही टोंक चिरगांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारू हो गया

प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कल खाद्य निरक्षक दलों ने कई स्थानों पर कार्रवाई की जयपुर में कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों से खाद्य वस्तुओं के नमूने लिए गए वहीं चूरू जिले के सरदारशहर में देसी घी बेसन व भिठाइयों के नमने लिए गए प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य अभियान के तौर पर किया जाएगा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेस के दौरान कहा कि आधार सीडिंग के कार्य में उचित मूल्य दुकानदार और ई मित्र संचालक मुख्य भूमिका निभायेंगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी स्वयं अथवा उचित मूल्य दुकानदारों की सहायता से गांव में ई मित्रों के माध्यम से अपने आधार कार्ड की जानकारी देकर राशन कार्ड में आधार कार्ड सीडिंग निःशुल्क करवा सकते हैं प्रदेश के जाने माने मूर्तिकार और पद्श्री अर्जुन प्रजापति का आज जयपुर में निधन हो गया वे कोरोना से पीड़ित होने के चलते कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे उनका जन्म जयपुर के रोजदा गांव में हुआ था

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री प्रजापति के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है उनके निधन की खबर के बाद कला जगत में शोक की लहर व्याप्त हो गई प्रदेश में सर्दी का असर बना हुआ है मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान रहा